स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत की यह तीसरी कड़ी है वे विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देंगे और परीक्षा के दौरान तनइव से कैसे मक्त हआ जाए पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में देशभर से लगभग दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग रहे हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों से प्रसारित किया जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को बेहद प्रेरणादायक बताया है उन्होंने हिमाचल के विद्यार्थियों व अभिभावकों से इस कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया है प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में इस कार्यक्रमों को दिखाने के प्रबंध किए गए हैं और विद्यार्थी बेहद उत्सुक हैं भाजपा अध्यक्ष चनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में नामांकन भरे जाएंगे

बिलासपुर ज़िले से सम्बंध रखने वाले भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष च्ने जाने की संभावना है नये अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही मौजूदा पार्टी प्रमुख अमित शाह का साढ़े पांच साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित अन्य मंत्री और विधायक भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कांगड़ा जिले में सबसे अधिक चार गौ सदन स्थापित किए जाएंगे उन्होंने बताया कि सिरमौर के कोटला बडोग सोलन के हांडा क्ंडी ऊना के थानांकला खास हमीरपुर के खेरी सुजानपुर और चंबा जिला के मंझीर गौ सदनों का निर्माण कार्य इस वर्ष प्ररा हो जाएगा मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में लाहौल स्पिति चंबा जिला के पांगी और किन्नौर जिले की ऊँची चोटियों पर आज फिर रुक रुककर हल्का हिमपात हो रहा जबकि अधिकांश भागों में बादल छाए हुए हैं इससे शीतलहर बढ़ गई है इन इलाकों में तापमान में गिरावट के चलते पानी के पाईपें जमने से लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित है राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने आज उच्च व मध्य पर्वतीय इलाकों में कुछ क्षेत्रों में हिमपात जबकि निचले मैदानी भागों में वर्षा की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है नड्डा की ताजपोशी आज हिमाचल जश्न को तैयार प्रदेश का पहला नेता बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब केसरी की सुर्खी है जेपी नड़डा आज संभालेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्सी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नड्डा की ताजपोशी आज दैनिक भास्कर के मुताबिक जेपी नड्डा की ताजपोशी आज दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री समेत कई नेता हिमाचल दस्तक ने लिखा है आज नया इतिहास बनाएंगे नड्डा हिमाचल से पहली बार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचेगा कोई नेता

दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में बर्फ ने ली तीन लोगों की जान किन्नौर में हिमस्खलन से भारी क्षति

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं प्रदेश में आज से फिर बारिश और बर्फबारी

पोलियो दवा पिलाने जा रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्फ में फिसल कर गिरने से मौत शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला शव अमर उजाला की एक खबर है फर्जी तरीके से बने पुलिस कर्मी तीन बटालियन में